मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवाहकों के पद कर्मचारी के नियमित होने पर समाप्त हो जाते हैं और ये डाईग कैडर है

जयराम ठाकर ने कहा कि अब स्कूलों की साफ सफाई व अन्य कामों को निपटाने के लिए मल्टीटास्क वर्करों की जरूरत महसूस की जा रही है

इन पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी गई है

मुख्यमंत्री ने माना कि पंजाब और हरियाणा के साथ लगते राज्य के विभिन्न इलाकों में अभी भी अवैध खनन हो रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं उन्होंने ने स्पष्ट किया कि पूलों के आस पास अवैध खनन करने वालों को सरकार किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जयराम ठाकर ने प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए जागरूकता को एकमात्र हल बताया उन्होंने कहा कि कानून बनाने से इस समस्या का हल संभव नहीं हैं क्योंकि ये समस्या तब तक नहीं रोकी जा सकती जब तक लोग प्लास्टिक के उपयोग को रोजमर्रा के जीवन से बाहर नहीं करेंगे विघेयक प्रदेश विधानसभा में आज दो बिल ध्वनिमत से पारित कर दिए गए

दोनों ही विधेयक शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पिछले कल सदन में पेश किए थे जिन पर आज चर्चा हुई

शिक्षा मंत्री ने विपक्ष की दलीलों पर कहा कि इन कानूनों की उपयोगिता समाप्त होने पर इन्हें खत्म किया जा रहा है और इन कानूनों के स्थान पर केंद्र सरकार के नए कानून आ गए हैं बाद में विपक्ष के विरोध के बीच सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया इस बीच हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक भी सदन में पारित हुआ

इससे पूर्व राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की बैठक भी हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल भी शामिल हुए उन्होंने कहा कि ई विधान ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन और ई समिति में हिमाचल विधानसभा सबसे आगे है और हम पूरे देश को इससे अवगत करवाना चाहते हैं इस दौरान प्रश्नकाल से लेकर सत्र की अवधि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई